हालांकि कोरोना वायरस को लेकर लोगों ने काफी एहतियात बरती और अनेक स्थानों पर फूलों से होली मनाई गई शिमला स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में चम्बा बस हादसे को लेकर सादे तरीके से होली मनाई गई और सिर्फ गुलाल लगा कर होली की रस्म को निभाया गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन में लोगों के साथ फूलों की होली मनाई उन्होंने कहा कि होली हमारे देश का पारंपरिक त्यौहार है और यह सारे गम भुला कर प्रेम का संदेश देता है सोलन में भी कोरोना वायरस के खौफ के बीच लोगों ने फूलों की होली मनाई कोटला नाला स्थित शिव मंदिर में होली उत्सव की धूम रही

चार यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल एक यात्री ने चंबा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा दो गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया है

सभी मृतक चम्बा जिले के रहने वाले थे जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों के शवों और घायलों को खाई से बाहर निकाला राज्य सरकार ने दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं हालांकि बस चालक का कहना है कि ब्रेक फेल होने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायक पवन नैय्यर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुःख जताया है मुख्यमंत्री ने प्रशासन को घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं

दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि हादसे में घायल आठ वर्षीय बालक की मौत मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में हुई इस हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए है जिनमें से एक को पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है

महेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने हर घर को नल के माध्यम से जल देने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि जल शक्ति मिशन के अंतर्गत पूरे देश में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है जल शक्ति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है और युवाओं को इनका लाभ उठाना चाहिए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

कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एक सौ से अधिक देशों में घातक कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसके वैश्विक महामारी बनने का खतरा बढ़ गया है हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है